अधिकतर ग्रामीण इलाकों और अनेक शहरों के बीच भी सड़क संपर्क ट्रट गया है प्रदेश की सभी बड़ी नदियां उफान पर है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में अतिवर्षा की स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक राहत कार्य प्रारंभ किये जाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति में आपात राहत दल बचाव की सामग्री के साथ पूरी तरह तैयार रहे उन्होंने कहा कि राहत स्थलों पर भोजन पानी और आश्रयों की समुचित व्यवस्था की जाये

जिले में स्थित यशवंत सागर बांध के चार गेट खोले जा चुके हैं भारी वर्षा के कारण निचली बस्तियों में पानी भर गया है

भोपाल में तेज बारिश के कारण भदभदा बांध के छह गेट खोल दिये गये हैं वहीं राजधानी के समीप छान गांव की झूंसी नदी में फंसे दो लोगों को एडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बचा लिया है

इन्दौर भोपाल में प्रशासनिक अमला व्यवस्थाओं का जायजा लने के लिए सडकों पर उतरा कई स्थानों पर पेड़ दीवार और मकान गिरने के समाचार भी मिले हैं

होशंगाबाद जिले में तवा डेम के पांच पांच गेट खोल दिये गये हैं शाजापर जिले में कालीसिंघ लखुन्दर नेवज और पार्वती नदियां उफान पर हैं जिले के खोकराकला गांव में बारिश का पानी भर जाने से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है रायसेन जिले में बारिश के चलते बारना नदी पर बना पुल पानी में ड़ब जाने से भोपाल जबलपुर सडक मार्ग बंद हो गया है

वहीं सिलवानी उदयपुरा रायसेन से होकर बेगमगंज सागर जाने वाला मार्ग भी बंद है

वहीं ग्वालियर चंबल इंदौर उज्जैन संभाग में जबकि रीवा सतना बालाघाट अनुपपुर उमरिया जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है

कोविड की मृत्यु दर भी लगातार कम हो रही है और फिलहाल यह एक दशमलव सात आठ प्रतिशत रह गई है

इस मौके पर प्रदेश के गणेश मंदिरों में प्रतिमाओं का विशेष श्रंगार किया गया शासन के निर्देशानुसार कोरोना संकमण के कारण बड़ी गणेश प्रतिमाओं की स्थापना और सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगी हुई है भोपाल इंदौर उज्जैन सीहोर आगर मालवा गुना नीमच उमरिया और शिवपुरी सहित अनेक जिलों में अपने घरों में ही लोग गणेश प्रतिमाओं की स्थापना कर उनका पृजन कर रहे हैं जावड़े कर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देशभक्ति पर आधारित मध्यप्रदेश माध्यम द्वारा निर्मित लघू फिल्म हम कर सकते हैं को विशेष उल्लेखनीय पुरस्कार के लिए चुना है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा देशभक्ति आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम विषय पर प्रतियोगिता आयोजित की गई थी फिल्म में भारत के प्राचीन गौरव का स्मरण दिलाते हुए आगे सबको साथ लेकर चलने का आहवान कर विषम परिस्थितियों में इतिहास बदलने की प्रेरणा दी गई है भारत है तो हम हैं हमसे ही भारत है अपने देश को सशक्त बनाने के लिए हम काबिल हैं पंक्तियों के साथ फिल्म देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है

वे यहां भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगें

प्रदेश के दो शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है